इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने क लिए पूरी तरह तैयार है

नई दिल्ली में वायुसेना के वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में श्री भदौरिया ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ऑफ इन्कवायरी की रिपोर्ट मिल गई है और दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इस घटना में छह वायूसेना कर्मी और एक नागरिक मारा गया था रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने निजी क्षेत्र से रक्षा उद्योग में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा है नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को महाशक्ति बनना है तो वह हथियारों के लिए अन्य देशों पर ही निर्भर नहीं रह सकता

रक्षा मंत्री ने कहा कि पचास खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और देश के समग्र विकास में सहयोग करे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश की तेईस करोड़ जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये फाइव पी अर्थात पीपुल प्रोसपैरिटी पीस पार्टनरशिप और प्लानेट की आवश्यकता है

उन्होंने कहा कि गांधी जी का जीवन दर्शन हम सभी को प्रेरित करता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिये प्रदेश के पचहत्तर जनपदों की जीडीपी पर कार्य योजना बनानी होगी उन्होंने कहा कि सादगी और स्वदेशी के लिये खादी ग्रामोद्योग और एमएसएमई विभाग द्वारा योजना बनाई गई है खादी को जीवन का हिस्सा बनाने के लिये तकनीक से जोड़ कर लोगों को स्वावलम्बन की ओर अग्रसर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक विकास में बाधा है राज्य सरकार जल संरक्षण की दिशा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों को नवाचार आर अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान को सहयोग देना चाहिए वह आज रूड़को में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे आई आई टी रूड़की के प्राधिकारियों का दायित्व है कि ये प्रर्व विद्यार्थियों को संस्थान के कार्यकलापों में शामिल करें और उन्हें यहां से शिक्षण कार्य के लिए आमंत्रित करें भले ही वे कम समय के लिए या केवल उन्हीं के लिए विशेष पाठ्यक्रमों के लिए आएं लेकिन आएं अवश्य यदि इस पहल के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के आवश्यकता है तो इसके लिए प्रयास किये जाने चाहिए राष्ट्रपति न इस मौके पर छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने आज लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को रवाना किया देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन दिल्ली और लखनऊ के बीच चलेगी सबसे तेज गति की यह रेलगाड़ी यात्रियों को आरामदेह सुविधा उपलब्ध करायेगी आईआरसीटी ने सेवा मानकों आरक्षण टिकट रद्द करने धन वापसी यात्रा बीमा के संबंध में कई पहल की है यह गाड़ी मंगलवार के अलावा सप्ताह के सभी दिन चलेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को पहली कॉरपोरेट ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि प्रगति के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है और इसी के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकती है उन्होंने कहा कि संचार क्रांति ने देश और दुनिया को एक परिवार का रूप दिया है

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो दर को पांच दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत कर दिया है इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर भी घटा कर चार दशमलव नौ और बैंक दर पांच दशमलव चार प्रतिशत कर दी गई है

बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये उदार नीति जारी रखने का फैसला किया है ताकि मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में रहे बैंक ने एक वक्तव्य में कहा है कि इन फैसलों का उद्देश्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चार प्रतिशत के स्तर पर बनाये रखना है ताकि अर्थव्यवस्था की वद्धि दर बनी रहे लेकिन इसमें दो प्रतिशत की कमी या बढ़त की संभावना हो सकती है रेपो दर में कमी का उददेश्य आवास और वाहन ऋण की दरों में कमी लाना है इस वर्ष बैंक ने लगातार पांचवीं बार रेपो दर में कमी की है और अब तक इसमें एक दशमलव तीन पांच प्रतिशत की कमी की जा चुकी है राज्यसभा उप चूनाव के लिये प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी ने आज लखनऊ विधानमंडल कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया आज नामांकन का अंतिम दिन था

इस सीट पर उप चुनाव की आवश्यकता पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली के निधन के कारण हुई है

सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने आज लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती विजयलक्ष्मी कौशिक और प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर चल रही विकास परियोजनाओं और यात्रियों की सहूलियत के लिये किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की श्री यादव ने कहा कि रेल संरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि ट्रैक अनुसंरक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाये और इसके उपयोग में आने वाली सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये श्री यादव ने परियोजनाओं की नियमित मानिटरिंग के साथ उनके समय पर पूरा करने के निर्देश दिये प्रदेश में बस्ती के खलीलाबाद लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद रहे भालचन्द्र यादव का आज गुरूग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया

श्री यादव पिछले कुछ समय से बीमार थे और अस्पताल में भर्ता थे आज दोपहर में उन्होंने अंतिम सांस ली उनका पार्थिव शरीर बस्ती लाया जा रहा है बलिया से बांसडीह के बीच रेल सरफेस और ट्रैक की मरम्मत तथा अन्रक्षण कार्य के कारण इस सेक्शन पर ब्लाक लेने के चलते कई गाड़ियों को निरस्त किया गया है और कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है कल फर्रूखाबाद छपरा उत्सर्ग एक्सप्रेस एक आठ नौ दो सारनाथ एक्सप्रेस एक पांच नौ सहित कई रेलगाड़ियां निरस्त रहेंगी या उन्हें दूसरे मार्गो से निकाला जायेगा